इनमें से तीन भीलवाड़ा और एक जोधप्र से है

प्रदेश में कोरोना वायरस से निपटने के लिए विभिन्न स्तर पर गतिविधियां चल रही है

करौली में प्रशासन द्वारा लोगों को उनके घरों तक आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति की जा रही है

श्रीगंगानगर और बूंदी में विभिन्न इलाकों को सैनेटाइज किया जा रहा है बूंदी में जरूरतमंद लोगों को भोजन उपलब्ध कराने के लिए स्वंयसेवी संस्थाओं और दानदाताओं का सहयोग लिया जा रहा है

बाड़मेर में महिला चिकित्सकों की टीम महाराष्ट्र और गूजरात से आने वाले लोगों की बॉर्डर पर ही जांच कर रही है जालौर में भी चिकित्साकर्मी जिले में बाहर र्स आए लोगों की स्क्रीनिंग कर रहे है भरतपुर में पुलिस की समझाइश के बावजूद लोग घरों से बाहर निकलते देखे गए

इन्हें सेना के वेलनेस सेंटर में रखा गया है इनमें से किसी में भी कोरोना वायरस का संक्रमण नहीं है

राज्य बीमा सेवा के अधिकारियों ने भी एक दिन का वेतन सहायता कोष में जमा कराने का निर्णय लिया है

एक ट्वीट में खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्री रामविलास पासवान ने कहा कि केन्द्र सरकार राज्यों से संपर्क में है ताकि ऐसी वस्तुओं की कमी न होने पाए उन्होंने व्यापारियों और विनिर्माताओं से किफायती दामों पर सामान उपलब्ध कराने की अपील की है गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के निर्देश पर पूरे देश में लॉकडाउन कर दिया गया है गृह मंत्रालय ने लॉकडाउन लागू करने के लिए कड़े दिशा निर्देश जारी किए है मंत्रालय ने आपदा प्रबन्धन अधिनियम भी लागू किया है जिसके उल्लंघन पर दो वर्ष की जेल हो सकती है निर्देशों के अनुसार भारत सरकार के सभी कार्यालय इसके स्वायत्त कार्यालय और सार्वजनिक निगम राज्य और केन्द्रशासित सरकारों के कार्यालय स्वायत्त संस्थाएं बंद रहेंगी वाणिज्यिक और निजी संस्थान भी बंद रहेंगे लेकिन उचित दर की दुकानें और खाद्य किराना फल सब्जी डेयरी और दूध मांस मछली और पशु चारे की दुकानें खुली रहेंगी कोरोना वायरस के कारण टोक्यो ओलंपिक खेलों को एक वर्ष के लिये स्थगित कर दिया गया है जापान ने वैश्विक स्तर पर फैली कोरोना वायरस महामारी के कारण ओलंपिक खेलों को एक साल के लिये स्थगित करने के लिये कहा और अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति आईओसी ने इस पर अपनी सहमति जताई हनुमानगढ़ में मौसम में अचानक आए बदलाव के बाद हुई बारिश से गेंहूँ और चने की फसलों को काफी नुकसान पहुंचा है जिले में तापमान में गिरावट और नमी के कारण गेंहूँ में यलोरस्ट और चने की फसल में झुलसा रोग हो गया है

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आगामी रविवार को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे

अपने संदेश में श्री मोदी ने कहा कि नया वर्ष सभी के जीवन में खुशहाली लाएगा और सभी को स्वास्थ्य बेहतर रहेगा ट्वीट संदेश में श्री मोदी ने उगाडी गूडी पड़वा नवरेह और साजीब चेइराओबा के अवसर पर शुभकामनाए दी है

उन्होंने कहा कि ऐसे में इन त्योहारों का परम्परागत उत्साह भले ही दिखाई न दें लेकिन परिस्थितियों पर नियंत्रण पाने के संकल्प को मजबूती जरूर मिलेगी